इस चरण में सात राज्यों में उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिये कल वोट डाले जायेंगे उत्तर प्रदेश में चौदह हरियाणा में सभी दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ दिल्ली में सभी सातों तथा झारखंड में चार सीटों के लिये मतदान होगा इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में राधामोहन सिंह हर्षवर्धन मेनका गांधी नरेंद्र सिंह तोमर कृ ष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं छठे चरण में क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गम्भीर भोपाल र्स भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाक्र दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह हड्डा मुक्केबाज विजेन्दर सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा छठे चरण के लिये चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया इस बीच सातवें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है

इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल की सभी चार झारखंड में तीन और चंडीगढ़ सीट के लिये मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक देश के विभिन्न हिस्सों में च्नाव रैलियां कर रहे हैं

लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में पांच संसदीय क्षेत्रों में सैनिक सहित सर्विस मतदाताओं को इलेक्ट्रानिक मतपत्र भेजे गए थे उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होने से इन मतपत्रों की गिनती सीखने के लिए यह दल झंझनू आया है झंझनू में पिछले विधानसभा चूनावों में इलेक्ट्रानिक प्रणाली से इंटरनेट के माध्यम से मतपत्र भेजे गए उन मतों की गिनती भी इलेक्ट्रानिक प्रणाली से की गई थी झंझन के जिला निर्वाचन अधिकारी रवि जैन ने उत्तराखंड के इस दल को इस गणना प्रणाली के बारे में बताया

बैठक में विभाग के मंत्री बी डी कल्ला ने भी भाग लिया बैठक में प्रदेश के कई जिलों में संभावित जल संकट से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा की गयी इस बीच प्रदेश में गर्मी के मौसम में पेयजल की शिकायतों के निस्तारण को लेकर जलदाय विभाग ने नये दिशा निर्देश जारी किए हैं

इस पुस्तिका में आने वाली प्रत्येक शिकायत को दर्ज किया जाएगा और उस पर हुई कार्यवाही का निवारण भी लिखा जाएगा राज्य के पश्चिमी जिलों में पानी का संकट बढता जा रहा है

गाजीपुर में आज एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को इसलिए उजागर नहीं होने दिया ताकि इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर न पड़े उधर इस मामले को लेकर आज राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीना ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया इस मामले की सीबीआई जांच सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे श्री मीणा को पुलिस द्वारा एहतियातन हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया गया इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मीणा ने कहा कि देरी से मुकदमा दर्ज करने और मामले को गंभीरता से नहीं लेने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र मुकदमा दर्ज होना चाहिए मार्म्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी आज जयपुर में इस मामले को लेकरप्रदर्शन किया माकपा कार्यकर्ताओं ने इस मामले मे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा आरोपियों के खिलाफ जल्द न्यायालय में चालान पेश कर उन्हें सजा दिलाने की कार्रवाई करने की मांग की इस बारे में पार्टी की ओर से ज्ञापन भी दिया गया

चार दिनों के आधिकारिक दौरे पर वियतनाम पहुंचे श्री नायडू ने भारतीय दूतावास में जयपुर फुट कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही

श्री नायडू ने कहा कि जयपुर फुट के कारण हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है और उन्हें गरिमामय जीवन जीने में मदद मिली है उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पहल के तहत दिव्यांगों को स्वतंत्रता और चलने फिरने की आजादी महसूस होती है और उन्हें गरिमापूर्ण जीने और जीवन का आनंद लेने की अनुभूति होती है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने के पोखरण परीक्षण की वर्षगांठ के अवसर और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिक समुदाय को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी

उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से भारत मजबूत और सुरक्षित रहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि परीक्षण की सफलता में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगियों की बड़ी भूमिका रही है

सवाईमाधोपुर जिले के बहरावंडा कला क्षेत्र में एक वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई

मीडिया में खबरें आने बारह दिन बाद कल इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया

अजमेर में ख्वाजा मोइनुददीन हसन चिश्ती की महाना छठी कल मनाई जाएगी इसके लिए अकीदतमंदों का अजमेर पहुंचना शुरू हो गया है

इस मौके पर भगवान परश्राम की शोभा यात्रा निकाली गई

विभाग ने कहा है कि अंधड के साथ बारिश की भी संभावना है विभाग के अनुसार अजमेर भीलवाडा भरतपुर अलवर सीकर सिरोही झुन्झुनूं उदयपुर जयपुर जैसलमेर बाडमेर जोधपुर बीकानेर नागौर और हनुमानगढ में चौबीस घंटों में करीब पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी चल सकती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल जैसलमेर जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई तथा कई जगह ओलावृष्टि भी हुई इसके अलावा चित्तौडगढ और माउंटआबू में भी हल्की बरसात हई वहीं गंगानगर में ब्रंदाबॉदी हुई मौसम में आये बदलाव के कारण कई जगहों पर तापमान में गिरावट भी आई है